उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नवाचार को बढ़ावा दें जो मानवता के हित में हो

उन्होंने कहा कि देश के युवा जलवायु परितर्वन के प्रभावों को कम करने बेहतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने स्वच्छ ऊर्जा जल संरक्षण कूपोषण से लड़ने और कचरे के असरदार प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि श्रेष्ठ विचार भारतीय प्रयोगशालाओं और भारतोय छात्रों से ही आएंगे उन्होंने कहा कि आई आई टी के छात्रा को आज दी जाने वाली डिग्री उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का परिणाम है लेकिन अभी उन्हें असली चुनौतियां का सामना करना बाको है प्रधानमंत्रो ने कहा कि आईआईटी संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर भारत को ब्रांड बना दिया है उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तमाल से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अवधारणा के तहत ही आई आई टी संस्थानों की स्थापना की गई थी बाइट आज आईआईटी बॉम्बे स्वतंत्र भारत के उन संस्थानों में है जिनकी परिकल्पना टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रे निर्माण को नई दिशा देने के लिए की गयी बीते साठ वर्षो से आप निरंतर अपने इस मिशन में जुटे हैं सौ छात्रों से शुरू हुआ सफर आज दस हजार तक पहुंच चुका है

श्री मोदी ने कहा कि आई आई टी से पास होने वाले छात्र देश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं और ये छात्र स्टार्टअप के क्षेत्र में भी योगदान कर रहे हैं बाइट एक संस्थान के बतौर यह सभी के लिए भी गर्व का विषय है कि यहां से निकले हुए वाघवानी जी जैसे अनेक छात्र छात्राएं आज देश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं बीते छह दशकों की निरंतर कोशिशों का ही परिणाम है कि आईआईटी बॉम्बे ने देश के चुनिंदा इंस्टीट्वूशन सब एमिनंस में अपनी जगह बनाई बाद में श्री मोदी ने आई आई टी बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग और पर्यावरण विज्ञान तथा इंजीनियरिंग केन्द्र के नये भवन का उदघाटन किया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में रक्षा औद्योगिक गलियारे का श्रभारम्भ किया इस अवसर पर सुश्री सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया में गुणवत्तापूर्ण रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है रक्षा उद्योगों को वैश्विक मांग के मद्देनजर अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उद्योगों को हर संभव मदद देगी बाइट हमारी मिनिस्ट्री आफ डिफेंस आपके सामने यह बात बोल रहे हैं कि प्लीज आप क्वालिटी चीज बनाओं हमने से सिटी हम जताया नहीं फिर भी आपसे खरीदने के लिए हम पांच साल के लिए नहीं दो साल के लिए नहीं प्ररे दस साल मिनियम दस साल के लिए खरीदने के लिए तैयार हैं सुश्री सीतारामण ने कहा कि तीनों सेनाओं के उप प्रमुख इस मौके पर मौजूद हैं ताकि वे हथियारों की खरीद के बारे में निवेशकों क साथ सीधी बातचीत कर सकें उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे संभावित बाजार को ध्यान में रखकर रक्षा सौदे के अलावा भी सोचें रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय रक्षा क्षमता योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप काम कर रहा है और अलीगढ़ की नवाचार विनिर्माण इकाई रक्षा क्षेत्र में नये तरीकों का पता लगाने में उदाहरण पेश करेगी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में डिफ़ेंस कॉरिडोर की स्थापना प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि पिछले सोलह महीने के शासनकाल में राज्य में ऐसा भयमुक्त माहौल बना है जिससे उद्यमी तेज़ी के साथ निवेश कर रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिफ़ेंस कॉरीडोर के लिए प्रदेश में अब तक छह क्षेत्रीय बिन्दुओं की पहचान की गई है एक रिपोर्ट प्रस्तावित रक्षा गलियारे के पहले चरण का श्रभारंभ इसी वर्ष फरवरी महीने में लखनऊ में हुई इनवेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एलान के महज छह महीने के भीतर हो गया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब सुरक्षा का माहौल है लिहाजा यह प्ररे देश में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थान बन गया है और जल्द ही तैयार हो रहा आगरा झांसी चित्रकूट को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रक्षा गलियारे में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश में डिफेंस कारिडोर के छह प्रमुख केन्द्र हैं

पिछले करीब दो दशकों में यह ऐसा सत्र था जिसमें सबसे ज्यादा कामकाज निपटाया गया

इसमें अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन विधेयक और भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल हैं उन्होंने बताया कि लोकसभा में काम के तय घंटों के मुकाबले एक सौ दस प्रतिशत और राज्यसभा में छाछठ फीसदी काम हुआ लेकिन राज्यसभा में मुस्लिम महिला विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र में तीन तलाक विधेयक पारित न होने देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की आलोचना की है संसदीय कार्यमंत्री अनंत कूमार ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यसभा में इसका समर्थन नहीं किया

सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपय से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों के लिए वस्तु और सेवाकर जीएसटी के बिक्री रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि संशोधित कर निधारित अवधि के अगले महीने की ग्यारह तारीख तक कर दी है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

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि देश को समृद्ध और प्रभावशाली बनाना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रो मोदी के अथक प्रयासों से भारत का नाम विश्व पटल पर आदर से लिया जा रहा है श्रो सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी काम कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में निवेशक तेजो से निवेश कर रहे हैं

निवेश के लिए सुशासन चाहिए निवेश के लिए विकास चाहिए निवेश के लिए सुरक्षा चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग दर्शन में केन्द्रीय नेतृत्व के मार्ग दर्शन है

अन्यथा कोई उद्योगपति कोई निवेशक अपनी पूंजी को डूबने के लिए कहीं नहीं जाता है बैठक में पार्टी के प्रान्तीय पदाधिकारी कार्यसमिति के सदस्य क्षेत्रीय संगठन मंत्री जिलाध्यक्ष नगर निगमों के महापौर सहित छह सौ तिरासी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल बैठक का समापन करेंगे पौराणिक तीर्थस्थल चित्रकूट में श्रावणी अमावस्या के अवसर पर आज पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में ड्बकी लगाकर भगवान कामदगिरि की परिक्रमा और पूजा की श्रद्धालुओं का मानना है कि शनिश्चरी अमावस्या क दिन कामदगिरि की परिक्रमा और दान करने से मनोवांछित फल मिलता है इस अवसर पर किसान अपनी खेती में बढ़ोत्तरी के लिए अन्न दान भी करते हैं